मुख्यमंत्री प्रेस क्लब कार्यकारिणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सेवानिवृत्त पत्रकारों को पांच हजार रुपये के स्थान पर अब दस हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की है पहले यह प्रावधान पांच वर्ष के लिए था जिसे अब आजीवन प्रदान किया जाएगा इसके साथ ही पत्रकारों को अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए पचास हजार रुपये तक अधिकतम स्वीकृति दी जाती थी जिसे बढ़ाकर अब दो लाख रुपये कर दिया गया है श्री बघेल ने यह बात कल बिलासपुर प्रेस क्लब के नयी कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में कही उन्होंने कहा कि पत्रकारों को अधिक से अधिक संख्या में अधिमान्यता मिलनी चाहिए कार्यक्रम में बिलासपुर प्रेस क्लब की ओर से रखी गई मांगों पर श्री बघेल ने कहा कि रियायती आवास के लिए नियमों का परीक्षण किया जायेगा सरकार ड्राइवर केन्द्र सरकार ने वाहन चालकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता समाप्त कर दी है केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली उन्नीस सौ नवासी के अनुसार वाहन चालक के लिए आठवीं कक्षा पास होना केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि इस अनिवार्य था कदम से आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों के कौशल प्राप्त व्यक्तियों को फायदा होगा मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले से परिवहन क्षेत्र में करीब बाईस लाख ड्राइवरों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी हालांकि मंत्रालय ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता संबंधी शर्त को हटाते हुए ड्राइवरों के प्रशिक्षण और कौशल परीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि सड़क सुरक्षा को लेकर किसी तरह का समझौता न होने पाए सूचना और प्रसारण मंत्रालय परामर्श सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श जारी करके सभी निजी टीवी चैनलों से डांस कार्यक्रमों में छोटे बच्चों को उपयुक्त रूप से दिखाने को कहा है मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि देखने में आया है कि कई डांस कार्यक्रमों में छोटे बच्चे ऐसी मुद्राएं करते हैं जो उनकी आय को देखते हुए उचित नहीं होती हैं मंत्रालय का मानना है कि फिल्मों और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों में वयस्क कलाकार इस तरह की मुद्राएं करते हैं ऐसी मुद्राओं से गलत संकेत जाते हैं और इनसे बच्चों पर तनाव भी बनता है मंत्रालय के अनुसार सभी टीवी चैनलों से उम्मीद की जाती है कि वे केबल टेलीविजन नेटर्वक्स नियमन कानून के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं में निर्धारित प्रावधानों का पालन करें इन नियमों के अनुसार ऐसा कोई कार्यक्रम टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता जिसमें बच्चों को अशोभनीय ढंग से पेश किया जाए दर्घटना जगदलपुर में आज एक पिकअप वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से तीन लोगों की मौत हो गई जबकि पच्चीस से अधिक व्यक्ति घायल हो गए हैं मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग जिले के तारागांव में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर बकावंड गांव जा रहे थे इसी दौरान नगरनार थाना इलाके के पास इनका वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया सभी घायलों को इलाज के लिए डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है उधर जांजगीर चांपा जिले के कोसला गांव में सड़क पर मोबाइल केबल के लिए खोदे गए गड़ढे में मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों के गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं माओवादी मुठभेड़ धमतरी जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला माओवादी कमांडर मारी गई है मिली जानकारी के अनुसार यह घटना कांकेर धमतरी सीमा क्षेत्र की है आज सुबह डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रप डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम सिहावा क्षेत्र के कट्टीगांव सिंघनपुर के जंगल में सर्चिंग के लिए निकली थी इसी दौरान माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक महिला माओवादी मारी गई घटनास्थल की तलाशी के दौरान पुलिस ने महिला माओवादी के शव के अलावा एक इंसास रायफल सहित बड़ी संख्या में माओवादी सामग्री बरामद की है

इसे लेकर प्रदेश में भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं छत्तीसगढ़ योग आयोग ने इस वर्ष लगभग साठ लाख लोगों को इस आयोजन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में सुबह सात से आठ बजे तक योगाभ्यास किया जाएगा वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी योग दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं

वहीं कोरबा जिले में योग दिवस पर हर आयु वर्ग के लोगों को योगाभ्यास कराने के लिए प्रशिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है

इन शिविरों में शामिल होने वाले नागरिकों को योग गुरूओं द्वारा विभिन्न योगासन कराया जाएगा

व्ही रामाराव पर सीजीएमएससी में प्रबंध संचालक के पद पर रहते हुए डॉटा फाइल में छेड़छाड़ और कुछ विशेष सप्लायरों को लाभ पहुंचाने का आरोप है गौरतलब है कि ईओडब्ल्यू ने इस शिकायत की जांच के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से अनुमति मांगी थी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए व्ही रामाराव के खिलाफ ईओडब्लू को जांच की अनुमति दे दी है इस संबंध में विभाग द्वारा ईओडब्ल्यू को पत्र भी जारी कर दिया गया है मौसम राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर आज हल्की से मध्यम वर्षा होने के समाचार मिले हैं इससे प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की संभावना व्यक्त की है साथ ही कुछेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है प्रदेश में सबसे अधिक तापमान आज बिलासपुर में चालीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया